राज्य सरकार प्रदेश के कलाकारों का डेटा बेस तैयार करेगी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने शासन और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए तथा सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया श्री जावडेकर ने कहा कि कैबिनेट ने कल से कोरोना संकमण जागरूकता पर जन अभियान शुरू करने का भी फैसला किया

मंत्रिमंडल ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में सुधार के लिए बडे सुधारों को भी मंजूरी दी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली में पत्रकारों को ै बताया कि देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए मानक इलेक्ट्रोनिक नीलामी शुरू की जाएगी

भारत दुनिया में ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है

इसके साथ ही श्री भाटी ने अपील भी जारी की है कि लोग घर से निलकते समय मास्क का अवश्य उपयोग करे तथा चिकित्सक की सलाह और कोरोना एडवाइजरी की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें

भरतपूर में जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने जिले के सरपंचों से वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से संवाद कर कोरोना जागरूकता जन आंदोलन में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया

बूंदी जन आंदोलन के दौरान आमजन को संकमण से बचाव के लिए जागरूक करने की दृष्टि से कल से व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी

मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने आज पत्रकारों से बताया कि कांग्रेस ने बहुत पहले से चुनाव की तैयारी कर रखी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद चुनाव होंगे वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगमों और पंचायत संस्थाओं के शेष रहे चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है आयोग ने आज कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिये

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में राज्यपाल से मिले इस प्रतिनिधिमंडल में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया उप नेता राजेन्द्र राठौड़ महामंत्री मदन दिलावर तथा दौसा सांसद जसकौर मीणा शामिल रही इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि सरकार के लचर रवैये के चलते कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपराध बढे हैं श्री पूनिया ने कहा कि महिलाओ और दलितों के खिलाफ अपराधों में राजस्थान शीर्ष पर आ गया है

राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने भी आज इसी मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया

आज एसीबी मुख्यालय में अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि व्यूरो में वर्तमान में जो कॉम हो रहा उसे जारी रखा जायेगा साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जायेगा कि कहा कि कहा किस किस कारण से भ्रष्टाचार है

उनका कल गुडगांव के एक अस्पताल में निधन हो गया था इससे पहले आमजन के अलावा जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत नेता को श्रद्दाजंलि दी आज उनके सम्मान में रायपुर के बाजार बंद रखे गये

वेबीनार में पीआईबी की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए नये कृषि कानून से किसानों को फसल बेचने के नए अवसर मिलेंगे तथा इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी लोकसम्पर्क व्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा कि नये कृषि कानूनों से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी साथ ही किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिलेगा वेबीनार में सिरोही जालोर पाली डूंगरपुर उदयपुर जिले के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया

इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है

उन्होंने बताया कि कलाकारों के डेटाबेस में कला प्रदर्शन की शैली के साथ बुनियादी विवरण शामिल है

इससे प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल और भारतीय स्टेट बैंक के ई मुद्रा पोर्टल के बीच आंकडों का सहज और सुरक्षित प्रवाह हो पाएगा और ऋण मंजूरी और इसके वितरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी इससे पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्राप्त करने वाले पथ विक्रेताओं को लाभ होगा